इससे इलाज का समय आधे से भी कम रह जाएगा

विशेष सीबीआई अदालत ने उन पर साठ लाख का जुर्माना भी लगाया है रांची मे विशेष सीबीआई अदालत ने भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत सात सात वर्ष की सजा सुनाई

निर्वाचनआयोग फेसबुक निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वह प्रवर्तन एजेंसियों के साथ विचार विमर्श करेगा और सोशल मीडिया का गैर कानूनी इस्तेमाल और मतदाताओं के डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक कार्य योजना तैयार करेगा आकाशवाणी के साथ कल विशेष भेंट में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओम प्रकाश रावत ने बताया कि निर्वाचन आयोग के अधिकारी और प्रवर्तन एजेंसियां सोशल मीडिया से डेटा लीक होने और उससे जुड़े जोखिम की समीक्षा करेंगे श्री रावत ने कहा कि निर्वाचन आयोग का फेसबुक के साथ सहयोग का दायरा केवल मतदाताओं को सूचित करने तक सीमित है इसके अलावा आयोग यह भी देखता है कि डेटा लीक न हो और इस तक अनधिकृत पक्ष की पहुंच न हो सके

अभियान के दौरान सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी भी निर्धारित की जाये उन्होंने कहा कि जब सभी विभाग इस अभियान से जुड़ेंगे तभी हमारे प्रदेश से कुपोषण खत्म हो सकेगा राज्यपाल ने कहा कि इसके लिए विशेष शिविर लगाये जायें शिविरों में माता पिता के सामने बच्चों बच्चियों का स्वास्थ परिक्षण करवाया जाये और उन्हें बच्चों की कमजोरी दूर करने के उपाय तथा दवाओं के बारे में बताया जाये

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा कार्यक्रम के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम रात आठ बजे दोबारा सुना जा सकेगा आक्रोश मुरैना जिले के अम्बा थाना क्षेत्र के बरबाई गांव में आज दो बच्चियों के अपरहण की घटना से गुस्साएं ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया इससे पुलिस के दो तीन वाहन क्षतिग्रस्त हो गये वहीं इस घटना में कुछ पुलिस कर्मचारियों के चोटिल होने की भी सूचना है फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है कुलपति माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में श्री जगदीश उपासने को राज्य शासन द्वारा कुलपति नियुक्त किया गया है

श्री उपासने ने कल औपचारिक पदभार ग्रहण कर लिया है टीबी खुराक आज विश्व तपैदिक दिवस के मौके पर देश में एमडीआर टीबी की नई खुराक शुरू की गयी है जिससे इसका इलाज का समय घटकर आधे से भी कम रह जाएगा स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने बताया कि नई खुराक में दवाइयों का मिश्रण बदला गया है जिससे तपैदिक का उपचार नौ से ग्यारह महीने में पूरा हो जाएगा

राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक लोकेश जाटव ने जिला कलेक्टरों को भेजे गए पत्र में कहा है कि दो अप्रैल को शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में अनिवार्य रूप से बाल सभा का आयोजन किया जायें इन बाल सभाओं में बालकों शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों वरिष्ठ ग्रामीणजनों को आमंत्रित किया जाये बाल सभा में गाँव के गौरव लोक गीत और स्थानीय नाटकों की भी प्रस्तुति की जाये इसके साथ ही शाला प्रबंधन समिति की बैठक और मातृ सम्मेलन का भी आयोजन किया जाये मुख्यमंत्री संबोधन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी और भावान्तर भुगतान योजना को लेकर आज अब से कुछ देर बाद प्रदेश को किसानों को संबोधित करेंगे इस कार्यकम का सीधा प्रसारण द्रदर्शन और आकाशवाणी के सभी प्रायमरी और स्थानीय केन्द्रों से साढे सात बजे से होगा नेता प्रतिपक्ष आरोप विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चना मसूर और सरसों को समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा पर कहा कि यह वर्षो पुरानी व्यवस्था है इसमें कोई भी नई बात नहीं है उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीदी का निर्णय केंन्द्र द्वारा किया जाता है इसमें राज्य का कोई भी फैसला नहीं होता है

इस अवसर पर राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के सभी राममंदिरों में आकर्षक साज सज्जा की गयी है इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सभी को शुभकामनाएं दी है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि भगवान श्रीराम विपरीत परिस्थितियों में भी नीति सम्मत रहे उन्होंने वेदों और मर्यादा का पालन करते हुए सुखी राज्य की स्थापना की इन्हीं आदर्शों के कारण श्रीराम को मर्यादा पुरूषोत्तम कहा जाता है भोपाल के कई मंदिरों में भंडारे का भी आयोजन किया गया है जनसंपर्क मंत्री जनसंपर्क मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्र ने कहा प्रदेश सरकार चिकित्सा क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सेवाए प्रदान करने के लिए संकल्पित है श्री मिश्र ने आज दतियां में आयोजित चिकित्सा परामर्श शिविर का उद्घाटन किया शिविर में फिजीशियन कैंसर विशेषज्ञ न्यूरो र्सजन इदय रोग गुर्दा रोग स्त्री रोग से संबधित चिकित्सा विशेषज्ञों ने पंजीकृत रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया प्रदेश मे निशुल्क दवाएं निशुल्क मेडीकल जांच की सुविधा नागरिकों को दी जा रही हैं दतिया में मेडीकल कॉलेज भी शीघ्र ही शुरू होगा

इस शिविर में रुम्योटाइड आर्थराईटिस मोटापा हाई ब्लड प्रेशर और डाईबटीज जैसी बीमारियों की परामर्श जॉच और औषधियॉ निशुल्क दी जाएगी